उन्होंने नीदरलैंड के पदाधिकारियों से हिमाचल में प्रोटीन आधारित खाद्य उत्पाद बनाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की इस दौरान जयराम ठाकुर ने हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और उन्हें धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट के लिए आमंत्रित किया

ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज शिमला में बताया कि इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं उन्होंने बताया कि प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी ग्राम पंचायत प्रधानों को बरसात में वर्षा जल संग्रहण व संरक्षण के लिए एक पत्र लिखा है जिसे इन ग्राम सभा की बैठकों में पढ़ा जाएगा वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इसे जन आंदोलन का रूप देने को कहा है अनुराग केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने आज उत्तराखंड का दौरा किया इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मिलकर प्रदेश के विकास की सराहना की अनुराग ठाकुर ने आयकर व जीएसटी अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की

राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया जाएगा उपायुक्त अमित कश्यप ने इस संबंध में आज शिमला में हुई बैठक में बताया कि इस आयोजन में विभिन्न वर्गों के लोग स्कूली बच्चे स्वैच्छिक संस्थाओं सहित अन्य संस्थाओं के लोग एकसाथ योग की विभिन्न कियाओं का अभ्यास करेंगे इस दौरान योग आचार्य योग आसनों के लाभ और योग के माध्यम से रोग साध्य विषयों पर जानकारी देंगे बिलासपुर के लुहण् खेल मैदान में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि इस कार्यक्रम में आयुर्वेदिक विभाग से योग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण शर्मा और संदीपा शर्मा के साथ पतंजलि व आर्ट ऑफ लिविंग के विशेषज्ञ विभिन्न योग कियाएं करवाएंगे

शिविर की तैयारियों को लेकर आज मंडी में अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने संबंधित अधिकारियों व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की

मेले के दौरान विभिन्न खेल स्पर्धाओं के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न विभागों की विकासात्मक प्रदर्शनियां लगाई गई मेले में पशुपालन विभाग द्वारा लगाई गई पशु मंडी भी लोगों के आकर्षण का केन्द्र रही ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने समापन अवसर पर पशु प्रदर्शनी के विजेताओं को सम्मानित किया

उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि सप्ताह अंत में सैलानियों की बढ़ती तादाद के चलते यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जनहित में ये निर्णय लिया गया है उन्होंने स्थानीय जनता से सहयोग की अपील की है पैंशनर एचआरटीसी के पैंशनरों ने लंबित पैंशन भुगतान की सरकार से मांग की है

केसीचौहान ने कहा कि परिवहन मंत्री ने पैंशनरों की मांगों पर विचार का आश्वासन दिया था मगर अभी तक इस बारे में कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है किसान समिति किसान संघर्ष समिति ने सोलन सिरमौर शिमला चंबा और कुल्लू ज़िलों में तूफान व ओलावृष्टि से फल सब्जियों को हुए नुकसान पर चिंता जताई है